कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है श्रोत ओं से अपील है कि कोई भी कोत ही न बरतें

स्रक्षित रहें और तीन आसप्रम उप यों क प लन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें स्किल इंडिया पैवेलियन केंद्रीय कौशल विकाप्त एवं उदयमशीलत मंत्री डॉ महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कह है कि उतराखंड की जरूरतों के हिसाब्र से राज्य में कोशल विकास के लिए योजनाएं बनाई जा रही है आज केंद्रीय मंत्री डॉ महेन्द्र नाथ पाण्डेय केंद्रीय शिक्ष मंत्री डॉ रमेश पोखरियाज़ निशंक और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह राम्रत की वर्च्अल उपस्थिति में हरिद्वाप्त कंभ मेले में स्किल इंडियप्त पैवेलियन कप्त डिजिटल लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया

इस अवसर पर डॉ पांडेय ने कहा कि एडवेंचर ऑर्गेनिक खेती पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में कौशल विकास के प्रशिक्षण के लिए उत्तराखण्ड को केन्द्र की ओर से पूर सहयोग दिय जा येग वहीं केन्द्रीय शिक्ष मंत्री डॉ रमेश पोखरियाज़ निशंक ने कह कि कृंभ के समय कौशल विकास की दृष्टि से लोगों में जागृति फैलामे का प्रयाप्त सराहनीय है उन्होंने कह कि उत्तराखण्ड के युवाओं में प्रतिभाओं की कमी नहीं है कौशल विकास से उनकी प्रतिभाएं उजागर होंगी इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिल स्वयं सहायत समूहों के कौशल विकाप्त पर विशेष ध्याम दिये जामे और कौशल विकास कार्यक्रम को आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल से जोड़ने की जरूरत पर बल दिया उन्होंने कहाँ कि स्किल इंडियाँ पैवेलियन दवाप्राः देश के य्व ओं क कौशल विकास होग और वे एक नए भारत के निर्माण में अपन योगदाम देंगे म्ख्यमंत्री ने कह कि उत्तराखंड में कृषि उद्यानिकी फूड प्रोसेसिंग पर्यटन विशेष तौर पर साहसिक पर्यटन और आईटी पर फोकस किया जा सकता है

शाही स्नाम के लिए हरकी पैड़ी अखाहों के लिए आरक्षित की गई थी हालांकि अखाहों के कई प्रमुख संत कोरोन संक्रमित होने के कारण आज की गतिविधियों में भाग नहीं ले पाये वहीं दर दर से बड़ी संख्या में आये श्रद्धालुओं ने अन्य घाट्टों पर गंगा स्नाम किया कोरोन महामारी के मद्देनजर हरिदवाप्र के सभी बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियाम चलाया गया जिन यात्रियों के पास आरटी पीसीआर रिपोर्ट नहीं थी और जिन लोगों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था उन्हें बॉर्डर से ही वाप्रस भेज दिया गया

सभी प्रम्ख स्थामों पर प्लिस और पैर मिलिट्री फोर्स लगाई गई है हरिद्वाप्त आने के लिए रूट प्लाम पहले ही जप्री कर दिय गय थ वनाग्नि चम्पावत जिले में वनाम्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए एनडीआरएफ की तैनासी की गई है

जिले के अपर प्रभागीय वनाधिकारी मनोहर सेमिया ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम आध्निक उपकरणों से लैस है इसके अलाव्र अग्निशमन कर्मचारियों और फायर वॉचरों की सेवप्रां भी ली जप्र रही हैं उधर टिहरी वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकप्री कोको रोसे ने कहप्र कि जंगल में आग लगामे वालों पर कार्रवाई की जा रही है उन्होंने बताया कि कल पाटा गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति को वनकर्मियों ने आग लगाते हए पकड़ा चौकीदार के बार बार रोकने के बाद भी जब वो नहीं मामा तो वनकर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया

यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की छिहत्तरवीं कडी होगी लोग नमो ऐप या्र माईगोव ओपन फोरम में अपने सुझाव्व दे सकते हैं

प्रधाममंत्री ने एक ट्वीट में मन की बाप्त के लिए लोगों से उन विषयों और प्रेरणाद्वायक अन्भवों को साझा करने का अन्रोध किया है जिनके बारे में वे सोचते हैं कि अन्य भारतीयों को भी यह जामना चाहिए

स्वास्थ्य मंत्राप्तय ने कहा है कि भारत में कोविड महामारी के मामलों में अचामक तेज बढोतरी दिखाई दी है और कोविड रोगियों के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की मांग भी तेजी से बढ़ी है मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले दिनों में इसकी मांग में और तेजी आ सकती है मंत्रालय ने कह कि रेमडेसिविर के सभी घरेलू निर्मात्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपनी वेबसाइट पर इस दव के भंडारण और वितरकों क ब्योर दें त कि इसे आसामी से प्राम्त किय ज सके औषधि निरीक्षक और अन्य अधिकारियों को स्टॉक क सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं उन्हें धांधली और गलत तौर तरीकों पर नजर रखने तथ जमाखोरी और कालाब्राजप्री करने वालों के खिलाफ कप्रगर कप्रवाई करने को भी कहा गया है सरकप्र ने स्पष्ट किया है कि कोविड टीकफ्ररण के लिए व्हाप्ट्सएप के माध्यम से समय नहीं लिया जा सकता है पत्र सूचन कार्यालय ने बताय है कि सोशल मीडिय पर चल रह इस तरह क दाव फर्जी है टीकाक्करण के लिए कोविन पोर्टल और आरोग्य सेत् ऐप का ही प्रयोग किया जा सकता है

बागेश्वर जिले में टीका उत्सव को सफलता पूर्वक संपादित करामे के लिए जिलाधिकप्री विनीत क्मप्र ने लोगों से टीकप्र उत्सव में बढ़ चढ़कर भागीदप्री करने की अपील की

नैनीताल जिले के भीमताल में मुख्य विकास अधिकारी नरेन्द्र सिंह भंडप्री ने सामुदायिक चिकित्सप्राय कप्त औचक निरीक्षण किया

उधमसिंह नगर की जिलाधिकप्री रंजन राजगुरू ने आगामी त्योहप्रों को देखते हए कोरोन संक्रमण के बचाम्र को लेकर आज धर्मग्रुओं के साथ बैठक की और जरूरी दिशप्निर्देश दिये कोरोना पिथौरागढ प्रदेश के सीमांत जिले पिथौराणढ़ में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं डीडीहाइ क्षेत्र में एक पूरा गांव कोरोन पॉजिटिव पाय गय है वहीं जिले में कोविड टीकाकरण में भी तेजी लायी ज रही है टीकाफ़रण करवामे के लिए बड़ी संख्या में लोग पहंच रहे हैं पिथौराणढ़ के सीएमओ ने बताया कि जो लोग अपने मोबाइल से पंजीकरण करव कर टीकाक्ररण के लिये आ रहे हैं उनक टीकाक्ररण जल्दी हो रहा है

जिलाधिकप्री आशीष श्रीवप्रस्तव ने बताया कि इसके लिए परिजनों को उस जिले से अनुमति लेनी होगी जहंध वे अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर जाम चाहते हैं शव को ले जाते वक़्त कोविड के नियमो का पासन सख़्ती के साथ करना होगा

साइकिल रेस बज्ञेश्वर में युवाओं को शारीरिक व्यायाम के प्रति प्रेरित करने नशे और वनाग्नि के द्वष्प्रभाम को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल रेस का आयोजन किया गया

जिले में पहली बाप इस साइकिल रेस का आयोजन हआ इसके के माध्यम से बच्चों ने पर्यावरण और कोरोना महामारी को लेकर जागरूकत क संदेश दिया

अभिनव साह और नमन द्रसरे स्थाम पर रहे दीपक तिवप्री दिव्यम कनवाल और अविरल मेहर को तीसर स्थान मिल